राजधानी शिमला सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों में पहुंचे सैलानियों के साथ स्थानीय लोग नव वर्ष के रंगारंग कार्यक्रमों में शामिल हुए शिमला के रिज मैदान पर बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनन्द उठाते रहे

विभिन्न इमारतों व होटलों को रंग बिरंगी रौशनी से सजाया गया था इधर राज्य के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है नव वर्ष के मौके पर लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं सभी मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा समेत अन्य प्रबंध किये गए हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आईजीएमसी से संजौली तक बनने वाले स्मार्ट पैदल पथ की आधारशिला रखेंगे इसके अलावा वे आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक के लिए लिंक रोड और बहुमंजिला पार्किंग का शिलान्यास भी करेंगे

इस परियोजना से शहरवासियों को दस एमएलडी पानी मिलेगा मुख्यमंत्री सतलुज वाटर प्रोजैक्ट की आधारशिला भी रखेंगे सीतारामन केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक सौ दो लाख करोड़ रूपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी में इन परियोजनाओं को अगले पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ऊर्जा रेलवे शहरी विकास सिंचाई शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के चलते लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है निचले क्षेत्रों में भी कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अनिल कुमार खाची को मुख्य सचिव बनाए जाने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है अनिल खाची बने हिमाचल के नए मुख्य सचिव

दैनिक जागरण के शब्द हैं अनिल खाची हिमाचल के नए मुख्य सचिव हिमाचल दस्तक लिखता है कुमारसैन के अनिल खाची बने राज्य के मुख्य सचिव आपका फैसला का कहना है श्रीकांत बाल्दी सेवानिवृत नए मुख्य सचिव बने अनिल खाची जबकि अजीत समाचार मुख्य सचिव के हवाले से लिखता है सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की रहेगी प्राथमिकता नव वर्ष पर पंजाब केसरी की सुर्खी है कड़ाके की ठंड के बीच सैलानियों ने नाच गाकर किया नए साल का स्वागत दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नए साल के इस्तकबाल को उमड़ा हिमाचल नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी होटल पर्यटकों से पैक दैनिक भास्कर लिखता है रिज पर सेलिब्रेशनः नाच गाकर किया नए साल का स्वागत

पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल में फोरलेन प्रोजैक्ट पर फैसला तीन को गडकरी से होगी चर्चा

दिव्य हिमाचल की एक खबर है दस आईएएस अफसरों को मिले नए विभाग जयराम ठाकुर सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर किया प्रशासनिक फेरबदल